सात अलग अलग चैनलों द्वारा कराये गये एक्जिट पोल का औसत निकाले तो प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस दोनो ही बहुमत के आंकड़े से दूर नजर आ रहे हैं